उन्होंने सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर के कार्यो की नियमित मानीटरिंग करने के निर्देश दिये उन्होंने चिकित्सा के तकनीकी स्टॉफ में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के लिये भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा ई संजीवनी सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिक से अधिक लोग इस ऑन लाइन ओपीडी सेवा का लाभ उठा सके

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के दौरान घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत एक लाख करोड़ रूपये कृषि इंफ्रास्ट्रक्वर के विकास के लिये दिये गये

उन्होंने कहा कि किसानों को केवल अनाज मंडी में ही नहीं बल्कि फल और सब्जी मंडियों में भी ऐसी सुविधा देनी चाहिये जिससे किसान अपने उत्पाद को कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सके उन्होंने कहा कि देश और देश के बाहर जहां भी किसानों के हित में कार्य हो रहे हैं उनका अध्ययन कर अपने यहां लागू किया जाना चाहिये क्योंकि अन्नदाता ही किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को समय से खेती के लिये खाद मिलती रहे और इसकी कालाबाजारी न होने पाये उन्होंने खाद की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने आवास पर एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यो को प्रभावी ढंग से संचालित करने के भी निर्देश दिये प्रदेश सरकार दुनिया भर में काम कर रहे राज्य के प्रवासी कामगारों का डेटाबेस तैयार करेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक पोर्टल जारी करते हुए कहा कि इससे राज्य में निवेश करने में मदद मिलेगी और उन लोगों के लिए भी अवसर पैदा होंगे जो विदेश जाना चाहते हैं

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये आज राजभवन लखनऊ से राहत सामग्री भेजी गई इंडियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा बाढ़ प्रभावित बीस जनपदों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने प्रदेश के आठ जिलों में बाढ़ पीड़ितों के लिये राहत सामग्री से युक्त आठ वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल सहित इंडियन रेडक्रास सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि श्री चौधरी काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक थे श्री मोदी ने जीवनपर्यंत सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने के लिए भी उनका स्म्रण किया प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की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

इसमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज शामिल हैं

इस फैसले से लोगों को परिवहन सम्बंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की सम्भावना है कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढाई गई है

संकट के समय में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने कि इस योजना से पथ विक्रेताओ में खुशी व्याप्त है दर्शन कुमार साहू आकाशवाणी समाचार सुल्तानपुर प्रदेश के जेलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं

पुलिस महानिदेशक कारागार आनन्द कुमार ने बताया कि जेलों में विभिन्न माध्यमों से बंदियों को कोरोना से बचाव के लिये जागरूक किया जा रहा है साथ ही बंदियों की इम्युनिटी बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिये जेलों में प्रातः योग कार्यक्रम चलाये जा रहे है

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में आज से कर्मचारियों के लिये ई पास सेवा प्रारम्भ कर दी गई

रेलवे बोर्ड ने हाल ही में अपने वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों के लिये ई पास की सुविधा शुरू करने का फैसला किया था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में अपने एक आदेश में कहा है कि सभी प्रकार के जुलूसों और झांकियों पर प्रतिबंध रहेगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेशों का पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाये पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी है यह निषेधाज्ञा राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव तोड़ने की आशंका के मद्देनजर लागू की गई है लागों को अपने घरों में मूर्तिया ताजिया और अलम की स्थापना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा